भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों के बड़े नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं भाजपा प्रत्याशियों की जीत का जिम्मा प्रदेश के तीन वरिष्ठ नेताओं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल पर है इसके अलावा भाजपा के कई मंत्री भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज पच्छाद और शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी तथा उद्योग मंत्री विकम सिंह धर्मशाला में चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं इसी तरह कांग्रेस में प्रचार का जिम्मा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के साथ नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के कंधों पर है

समापन समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे इस बीच कल छठी सांस्कृतिक संध्या के दौरान भी मुख्यमंत्री मौजूद रहे उनके साथ वन मंत्री गोविंद ठाकुर व सांसद राम स्वरूप शर्मा व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे इस दौरान बालीवुड पार्शव गायक सोनू निगम ने एक से बढ़कर एक हिंदी गाने गाकर खूब समा बांधा मलेशिया व श्रीलंका के सांस्कृतिक दलो ने भी इस अवसर पर बेहतर प्रस्तुतिया दी इससे पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने भगवान रघुनाथ के अस्थाई शिविर में जाकर शीश नवाया व पूजा अर्चना की उन्होने सरकारी विभागो द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियो का भी अवलोकन किया प्रतिबंध सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार दिवाली के दिन प्रदश में दिन भर पटाखे चलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सभी उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विभिन्न जिलों में तैनात अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर अमल करने को कहा है अस्पताल प्रदेश सरकार राज्य के सभी अस्पतालों की व्यवस्था जांचेगी जिसके लिए अस्पतालों की रैंकिंग की जाएगी और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाले अस्पतालों को पुरस्कृत भी किया जाएगा वहीं मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करने तथा इलाज में कोताही बरतने वाले चिकित्सकों व पैरामिडकल स्टाफ के विरूद्व कार्रवाई की जाएगी

एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में बजंतरियों की देवधुन से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है कुल्लू की देवधुन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज

दिव्य हिमाचल लिखता है इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड्स में कुल्लू की देवधुनें

इसी समाचार पत्र के अनुसार दिल्ली से आने वाली फलाइट का शेड्यूल बदला शिमला से अब एक घंटा देरी से उड़ेगी

जबकि अमर उजाला के शब्द हैं लिटफेस्ट के आखिरी दिन भी हिंदू संगठनों का हंगामा तीन हिरासत में लिए अजीत समाचार के मुताबिक खुशवंत सिंह लिटफेस्ट हुआ संपन्न मनीषा कोइराला की स्टोरी सुन भावुक हुए लोग पंजाब केसरी ने तिब्बती धर्मगुरू दलाईलामा के हवाले से लिखा है भारत और चीन के बीच अच्छे रिश्ते होना बहुत आवश्यक वहीं अमर उजाला के शब्द हैं भारत चीन में अच्छे संबंध जरूरी आपका फैसला के मुताबिक अपनी संस्कृति के संरक्षण की मांग कर रहे हैं तिब्बती हिमाचल दस्तक ने पौंग विस्थापितों से जुड़ी खबर को शीर्षक दिया है दबाव के बाद लाइन पर आया राजस्थान पौंग विस्थापितों के लंबित मामलों पर दोबारा जानकारी मांगी इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है मोदी के प्रोजेक्ट पर हिमाचल सरकार मौन जिस्पा डैम के लिए तीन हजार करोड़ देने को राजी है केंद्र सरकार दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है आतंकी हमले के इनपुट के बाद चंबा पुलिस हाईअलर्ट